यह जानकारी कल मुख्य चुनाव पदाधिकारी बीएल कांताराव ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हए दी उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल में स्टार प्रचारकों की संख्या चालीस और राज्य स्तरीय दल के स्टार प्रचारकों की संख्या बीस से अधिक नहीं होगी श्री कांताराव ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिये सोशल मीडिया कैलेण्डर भी जारी किया

निर्वाचन व्यय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएलकान्ता राव ने निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के नोडल अधिकारियों की कल हुई बैठक में कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलों में निगरानी दल सक्रियता से कार्यवाही करें संपत्ति विरूपण की कार्यवाही त्वरित गति से की जाये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देशित किया कि पुलिस एवं परिवहन विभाग सख्ती से वाहनों की जाँच करें रेल्वे स्टेशनों पर अवैध राशि शराब हथियारों का परिवहन की रोकथाम के लिये जाँच की जाये केन्द्र एवं राज्य की नारकोटिक्स विंग मादक पदार्थो की सघन जाँच करे सभी जाँच एजेंसियाँ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जब्ती की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग भी करवायें श्री राव ने आयकर विभाग को निर्देशित किया कि संदेहास्पद लेन देन के स्त्रोतों की जाँच करें और एयरपोर्ट एयर स्ट्रिप एवं हेलीपैड पर अपनी टीम तैनात करें

पिंक मतदान केन्द्र प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार पांच सौ विशेष पिंक मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव ने एक बैठक में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन पिंक मतदान केन्द्रों पर सिर्फ महिला कर्मचारी और अधिकारी तैनात रहेंगे

यही नहीं प्रदेश में प्रत्येक घर में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिये वोटर गाईड वितरित की जायेगी

सभी प्रत्याशियों को नामांकन जमा करने के साथ ही शपथ पत्र जमा करना होगा जिसमें उनके विरूद्व यदि प्रकरण दर्ज हैं तो उसका पूर्ण रूप से उल्लेख करना होगा

निर्वाचन आयोग के अनुसार इससे किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक जैसे नामों वाले उम्मीदवारों को लेकर किसी भी गलतफहमी को दूर करने में मदद मिलेगी आयोग ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे मतदान अधिकारियों को अपने हाल के स्टैंप आकार के फोटो उपलब्ध करायें मोदी पुलिस सेवा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस प्रोबेशनर अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे समर्पित हो कर कार्य करें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी दक्षता से निभाएं

वे शिवपुरी में ग्वालियर और चंबल संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे इसके बाद वे गुना पहुंचकर रोड शो करेंगे बाद में वे ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजली अर्पित करेंगे

मतदाता सुची प्रदेश में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया

आचार संहिता आदर्श आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यवाही की जा रही है मुरैना में पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहनों से वैध अवैध पदनामों की नेमप्लेट निकलवाई वहीं वाहनों के शीशों से काली फिल्म भी निकलवाई गई

उधर रायसेन जिले में जांच दस्ते ने एक कार से करीब साढ़े नौ लाख रूपये बरामद किये हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर सभी स्थानों पर निगरानी टीमें लगातार जांच कर रही हैं मौसम प्रदेश में इन दिनों दिन में तीखी धूप की वजह से गर्मी का अहसास हो रहा है तो वही रात में तापमान गिरने से ठंडक महसूस हो रही है

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान में सभी संभाग के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है